वाय् सेना प्रम्ख एयरचीफ मार्शल राकेश क्मार सिंह भदोरिया ने कहा कि भारतीय वाय्सेना की किसी भी आप्रेशन को अंजाम देने की तैयारी ला मिसाल है हरियाणा में विधानसभा च्नाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त नामांकन पत्रों की जांच कल होगी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पलवल व नूंह जिलों में आवश्यक सड़क मार्गो पर प्लिस नाके स्थापित किये गये

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में यह लगातार पांचवी बार कटौती की गई है इसका लाभ नये घर और वाहन खरीदने के इच्छ्क लोगों को होगा

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हालात बेहतर हुए है और अगस्त में उत्पादन एवं निर्माण क्षेत्र में भी स्धार हआ है उन्होंने यह भी बताया कि अगस्त के बाद वैश्विक आर्थिकता में अनिश्चिता बनी हुई है भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंको को सारा दिन साथ साथ नगदी मु्हैया कराने की घोषण की है

इस समय रिज़र्व बैंक द्वारा रात पौने आठ बजे तक की नगदी मु्हैया करवाई जाती है रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्षम वित्तीय संस्थानों के मामले में ऋण देने की सीमा एक लाख से बढ़ाकर सवा लाख करने का फैसला भी किया

रिज़र्व बैंक ने छोटे शहरों में कार्ड की स्वीक़ति के लिए मूलभूत ढांचा कायम करने के लिए एक्सेप्टेंस डिवैलमेंट फंट कायम करने की भी घोषणा की है वाय् सेना प्रम्ख एयरचीफ मार्शल राकेश क्मार सिंह भदोरिया ने कहा है कि भारतीय वाय्सेना की किसी ऑप्रेशन को अंजाम देने के तैयारी ला मिसाल है और इसने पिछले वर्ष बालाकोट हमले सहित कई मीत का पत्थर कायम किये है वाय् सेना प्रम्ख ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वाय्सेना किसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है

उन्होंने कहा कि इस मामले मे कोर्ट ऑफ इन्क्वायारी की रिपोर्ट मिल गई है और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है हरियाणा में विधानसभा च्नाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय खत्म हो गया है आज विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किये रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने गढ़ी सांपला किलोई से नामांकन पत्र दाखिल किये

इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते ह्ये कहा कि कांग्रेस एक प्रजातात्रिक पार्टी है और लगाये गये आरोप निराधार है पंचकूला विधानसभा क्षेत्र से कांगेस प्रत्याशी पूर्व उप म्ख्यमंत्री चन्द्रमोहन बिश्नोई ने आज अपना नामांकन पत्र भरा इस मौके पर कांग्रेस में ग्टबाज़ी पर बोलते हये उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकज्ट है और आने वाले समय में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे

इस मौकेपर हरियाणा भाजपा के प्रभारी अनिल जैन और उज्जैन के सांसद अनिल फिरोदिया और गढ़ी सांपला किलोई से उम्मीदवार संतोष नांदल भी उनके साथ रहे वाराण्सी से प्रधानमंत्री के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले पूर्व जवान तेज़ बहाद्र यादवन ने करनाल से नामांकन पत्र दाखिल किया पंचक्ला से स्वराज इंडिया पार्टी की उम्मीदवार मध् आनंद प्रकाश ने भी अपना नामांकन दाखिल किया पलवल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दीपक मंगला और बादशाहप्रा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उममीदवार राव कमलवीर ने अपना नामांकन पत्र भरा ग्रूग्राम से कांग्रेस की कार्यकर्ता रही सीमा पाहजा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने भी आज अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया सोनीपत विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी स्रेन्द्र पंवार और राई विधानसभा क्षेत्र से जयतीर्थ दहिया ने नामांकन पत्र भरे है कालका विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बासपा और आप आदमी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये

विधानसभा च्नाव के मद्देनज़र पलवल व नूंह जिलों में सभी आवश्यक सड़क मार्गो पर प्लिस नाके स्थापित किए गये है इन प्लिस नाकों पर कैमरे लगाये गये है जिसमें नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक आर सी मिश्रा ने फरीदाबाद के मंडलाय्क्त डॉ जी अन्पमा द्वारा सर्तकता एवं निगरानी प्रबंधों व कानून व्यवसथा के संदर्भ में प्रशासनिक व प्लिस अधिकारियों के साथ पलवल में की समीक्षा बैठक में राजस्थान और उत्तरप्रदेश के अधिकारी भी मौजूद रहे पलवल के उपायुक्त पशपाल व नूंह के उपायुक्त पंकज ने बताया कि विधानसभा चूनाव को सभी प्रक्रियाओं के निर्वाध पूर्ण करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किये गये है अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक श्री मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर गठित जिम्मेदार लोगों की समितियों से प्लिस द्वारा लगातार सम्पर्क रखा रहा है और पड़ोसी राज्यों के साथ लगते जिलों के प्लिस केन्द्रो के प्रभारियों के साथ भी तालमेल कायम किया गया है हरियाणा में विधानसभा च्नावों के मद्देनज़र फरीदाबाद प्लिस ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला इस मौके पर सहायक प्लिस कमिश्नर गजेन्द्र ने लोगों को शांतिपूर्वक मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया

प्लिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि च्नाव में असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने लोगों में विश्वास का माहौल बनाने और शांतिप्र्ण च्नाव सम्पन्न करवाने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया है केन्द्रीय मंत्री पीय्ष गोयल हर्षवर्धन और श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज सरबत दा भला एक्सप्रेस रेलगाड़ी को नई दिल्ली रेलवे सटेशन से रवाना किया इस रेलगाड़ी का नाम दिल्ली ल्धियाना इंटरसिवे एकस्प्रेस था जिसे बदलकर सरबत दा भला एक्सप्रेस रखा गा हक् यह रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुल्तानप्र लोधी होकर लोहिया खास तक जायेगी